विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज राज्य सरकार ने चारधाम श्राइन बोर्ड विधेयक सदन में पेश कर दिया है सरकार वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर चारधाम श्राइन बोर्ड बनाकर यात्रा संचालन करेगी हालांकि विपक्ष ने सदन में श्राइन बोर्ड विधेयक का विरोध किया और सरकार पर तीर्थपुरोहितों की उपेक्षा और धार्मिक मान्यताओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया साथ ही श्राइन बोर्ड विधेयक को लेकर कार्यमंत्रणा समिति में जानकारी न देने का आरोप भी लगाया वहीं सरकार का तर्क है कि श्राइन बोर्ड बनने के बाद ही वैष्णोदेवी मंदिर का विकास हुआ सरकार दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्राइन बोर्ड व्यवस्था की खूबियां भी गिना रही है सरकार का तर्क है कि श्राइन बोर्ड बनने से न केवल नये रोजगार पैदा होंगे बल्कि यात्रा व्यवस्था सुधरेगी और मंदिरों के हालात बेहतर होंगे विपक्ष के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित हुआ और कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई प्रश्नकाल के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ

चारधाम श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और संस्कृति मंत्री से लेकर तीन सांसद और छह विधायक शामिल होंगे तीर्थ पुरोहित समाज के तीन प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे और सीनियर आईएएस सीईओ के तौर पर बोर्ड का जिम्मा संभालेगा बदरीनाथ केदरानाथ मंदिर समिति सहित तमाम समितियां और परिषद भी इसके दायरे में आ जाएंगी वहीं श्राइन बोर्ड को लेकर विपक्ष के शोर शराबे के बीच सरकार ने बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास कर लिया सदन में पांच संशोधन विधेयक भी पास हो गए हैं इसके साथ ही सदन ने तीन पूर्व विधायकों को श्रद्वांजलि भी अर्पित की

पीठासीन सम्मेलन की व्यवथाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये

इसकी जानकारी देते हुए चमोली जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा माल्टा और पहाड़ी नींबू फलों के उपार्जन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है उन्होंने बताया कि यह योजना उद्यान कार्ड धारकों के लिये होगी संबंधित उत्पादकों को घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी फसल का विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे

पर्वत दिवस अल्मोड़ा में हिमालय मुद्दे पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो गय है तीन दिनों तक चलने वाले सम्मेलन का आयोजन पंडित गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कोसी कटारमल में किया जा रहा है जिसमें बदलते विश्व परिवेश में हिमालयी मुद्दे एवं समाधान विषय पर एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों में काम कर रहे देशभर के बड़े संस्थान शामिल हो रहे हैं

हिमालय के लिए महत्वपूर्ण इस सेमीनार में पहुंचे एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में हिमालय तेजी से पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है ऐसे में हिमालय के आसपास के इलाकों के साथ पूरे विश्व को नुकसान उठाना पड़ेगा वर्तमान समय में पूरे विश्व के साथ हिमालय का तापमान तेजी से बढ़ रहा है

ऐसे हालात को रोकने के लिए हिमालय पर काम करना आवश्यक हो गया है बालिका क्वीज प्रतियोगिता केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आज पौड़ी में जिला स्तरीय बालिका क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

प्रतियोगिता का मकसद विज्ञान और गणित को लेकर छात्राओं के मन से भय दूर करना था बाल विधानसभा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से आज विधानसभा में उत्तराखण्ड बाल विधानसभा के सदस्यों ने भेंट की बाल अधिकारों के संरक्षण बच्चों से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में उठाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड में बाल विधानसभा बनाई गई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना जरूरी है इस तरह की प्रक्रियाओं से इन बच्चों को काफी सीखने को मिलेगा

इस बार बाल विधानसभा मे बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने और बालिका सुरक्षा को फोकस किया जा रहा है इन बच्चों ने आज विधानसभा की कार्यवाही भी देखी

जबकि अन्य जिलों में शीतलहर चल सकती है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुट गया है

इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से विद्यालयों में संसाधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका उद्देश्य बच्चों को विद्यालयों की ओर आकर्षित करना है उन्होंने कहा कि इससे विद्यालयों में छात्र संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पंडित उदय शंकर के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा आपको बता दें कि रूपान्तरण कार्यक्रम का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प करना है जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा इस नवाचारी प्रयास के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाना है ईको फ्रेंडली बाइक देहरादून के छठी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने एक ऐसी ईको फ्रेंडली बाइक बनाने का दावा किया है जो हवा से चलती है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केन्द्रीय स्तर पर इस बाइक मॉडल का प्रस्तुतीकरण कराने की बात कही है हर्रावाला के रहने वाले छात्र अद्वैत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की अद्वैत ने बताया कि उसने हवा से चलने वाली बाइक बनाई है इस बाइक को बनाने में डेढ़ साल का समय लगा इससे वायु ध्वनि और मृदा से संबंधित कोई प्रद्षण नहीं होता है यह बाइक उसने गुब्बारे से प्रभावित होकर बनाई है अद्वैत ने बताया कि वो यह बाइक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समर्पित करना चाहता है अद्वैत ने इस बाइक के मॉडल को देखने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री ने अद्दैत को इस मॉडल को बनाने पर बधाई देते हए कहा कि प्रदेश में अनेक प्रतिभाशाली बच्चे हैं राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसे बच्चों को इनोवेटिव कार्यों के लिए अलग फंड की व्यवस्था की जाय

जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बाल शिविर में बाल अधिकारों का उल्लंघन बच्चों का शोषण स्कूलों में ब्रनियादी ढांचे की कमी प्रताड़ना की शिकायत विकलांगता संबंधी शिकायत यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को मुआवजा दिलाना चिकित्सा संबंधी शिकायत भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है जिलाधिकारी ने शिविर के प्रचार के लिए प्रचार प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया और अब एक सूचना क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सीएनआरटी तथा एडिटोरियल रिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटर रिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं